प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जैसलमेर में लोंगेवाला की अग्रिम चौकी पर जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया इस अवसर पर जवानों को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा में जूटे हर सुरक्षा बल और पुलिस बल के कारण ही देश सुरक्षित है उन्होंने कहा कि लोंगेवाला की इस पोस्ट पर देशभर की नजरें हैं और हर किसी की जुबां पर इस पोस्ट का नाम है उन्होंने कहा कि सैन्य पराकम की चर्चा के समय बैटल ऑफ लोंगेवाला जरूर याद किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों ने शौर्य की गाथा लिखते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड जवाब दिया था

कोविड महामारी के कारण मन्दिरों में दीपोत्सव पर व्यापक आयोजन नहीं किये गये हैं राजधानी जयपूर सहित प्रदेशभर में कई स्थानों पर बाजारों में आकर्षक सजावट की गई है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के खुशहाल जीवन की कामना की है श्री मिश्र ने कोविड के विकट समय में आमजन से पटाखों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपों का यह पर्व असत्य अन्याय और शोषण के विरूद्व सत्य न्याय और संघर्ष की विजय का उत्सव है

राज्य में पूलिस प्रशासन द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सवाईमाघोपुर जिले के गंगापुरसिटी में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पटाखे बिकी किये जाने पर एक दकानदार पर दस हजार रूपये का जर्माना लगाया है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है